मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राज्य लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में बताया कि जल निकास सुविधा सड़क को मंजूरी देने का मुख्य बिंद होना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा देने में वरदान सिद्ध हुई है जयराम ठाकुर ने कहा कि सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी

हिमाचल का ऊना जिला भी इनमें से एक है इसके माध्यम से पांच स्तर पर काम किया जाएगा केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव कुमार ने आज ऊना में एक बैठक में बताया कि पिछले दस वर्षों में भूजल स्तर दो मीटर नीचे गिर गया है जो गंभीर चिंता का विषय है

राजीव कुमार ने बताया कि जल शक्ति अभियान के तहत पानी की बचत वर्षा जल संग्रहण परंपरागत जल स्त्रोतों का नवीनीकरण और पौध रोपण जैसे कार्य किए जाएंगे विमोचन राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लेखकों से सामाजिक क्रीतियों व कृप्रथाओं के उन्मूलन में सार्थक भूमिका निभाने का आहवान किया है उन्होंने आज शिमला में कंचन शर्मा द्वारा प्रदेश की लोक संस्कृति मान्यताओं व सामाजिक व्यवस्था पर लिखित पुस्तक हिमाचल प्रदेश एक सांस्कृतिक परिदृश्य का विमोचन किया राज्यपाल ने कहा कि लेखकों बुद्धिजीवियों और रचनाकारों को समाज में व्याप्त क्रीतियों को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए उन्होंने कहा कि इससे विकास की नई सोच पैदा होगी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सुदृढ़ होगा बिंदल सिरमौर जिले में औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा इस पर दो करोड़ रुपए की लागत आएगी और तीन बीघा भूमि का चयन कर लिया गया है

उन्होंने कहा कि छात्रावास के निर्माण से उद्योगों में कार्य कर रही महिलाओं को ठहरने की सुविधा मिलेगी

परमार ने बताया कि इस अस्पताल में तीन विशेषज्ञ चिकित्सक काम करेंगे बैंक सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने आज सोलन जिले के धर्मपुर में जोगिन्द्रा केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा का श्भारंभ किया उन्होंने कहा कि कृषि व ग्रामीण विकास में सहकारी बैंकों का अहम योगदान रहा है और इनके माध्यम से किसानों को कृषि के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान की जा रही है यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें आयोग की ओर से शम्भू बंधनी और बुजेश यादव ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी कार्यशाला में मुख्य रूप से शैक्षणिक सत्यापन डिजिटेलाइजेशन पर जोर दिया गया आयोग के अधिकारियों ने कहा कि इस वर्ष सितम्बर तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को अपने विद्यार्थियों से संबंधित डाटा डिग्री व प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा ताकि विद्यार्थी वेबसाइट पर अपनी डिग्री या प्रमाण पत्र देख सकें जल जनित बरसात का मौसम शुरू होते ही सोलन के क्षेत्री अस्पताल में इन दिनों जल जनित रोगियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों में अस्पताल में बड़ी संख्यामें ऐसे रोगी इलाज के लिए पहुंच रहे हैं अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी महेश ग्रप्ता ने बताया कि बरसात के मौसम में जल जनित रोग फैलने का खतरा बना रहता है और ऐसे में उल्टी व बुखार की स्थिति में नजदीकी चिकित्सक से परामर्श लिया जाना चाहिए उन्होंने लोगों से पानी उबाल कर पीने की सलाह दी है